केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से लिखे जाने की आवश्यकता पर दिया बल नीति आयोग ने पहली बार जारी किया भारत नवाचार सूचकांक उत्तर प्रदेश सातवें स्थान पर आगामी त्यौहारों पर यात्रियों की सुक्धा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे चलायेगा दो जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार एकीकृत और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्व है तथा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल कर तीव्र गति से विकास कर रही है वे कल महाराष्ट्र के सातारा में एक च्नावी सभा में बोल रहे थे जहां राज्य विधानसभा च्नावों के साथ ही लोकसभा उप च्नाव भी कराया जाएगा सातारा में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर मराठा आरक्षण किसानों के लान की योजनाओं और गन्ना उत्पादकों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की राष्ट्र रक्षा के लिये राष्ट्र के एकीकरण के लिये सरकार ने ऐसे फैसले लिये हैं जिनको लेने की हिम्मत पहले नहीं दिखाई देती थी लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज यहां महाराष्ट्र में जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिये उठाये गये हर कदम का विरोध किया प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बीड जिले में एक अन्य चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य किया और अब सरकार हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है बीते पांच वर्ष अगर घर गैस बिजली शौचालय ऐसी व्यवस्था के लिए थे तो आने वाले पांच वर्षों का बड़ा संकल्प घर घर पानी पहुंचाने का किया है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है इस मिशन के तहत सिर्फ पानी के लिए आने वाले पांच वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे उधर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया है कि देश की अर्थव्यवस्था कठिन मंदी के दौर में है मुम्बई क्षेत्रीय कांग्रेस कमिटी द्वारा कल मुम्बई में भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा परिदृश्य पर आयोजित वार्ता में डॉक्टर सिंह ने केन्द्र सरकार से इसका कोई भरोसेमंद समाधान खोजने को भी कहा संविधान के अनुर्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त किये जाने के बारे में एक सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि यह अनुच्छेद एक अस्थायी प्रावधान है

श्री शाह ने कल वाराणसी के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में गुप्तवंशक वीर स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य का ऐतिहासिक पुनःस्मरण एवं भारत राष्ट्र का राजनीतिक भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ करते हुये यह बात कही गृहमंत्री ने कहा कि इतिहास ने स्कंदगुप्त के साथ अन्याय किया और देश के इतिहास संस्कृति और राजनीति में किये गये उनके योगदान की अनदेखी की गई मैं जरूर मानता हूँ कि स्कन्दगुत ने कश्मीर को भी स्वतंत्र किया देश को भी एक आक्रामण से बचाया मगर इतनी बड़ी घटना इतिहास के पन्नों पर कही दिखी नहीं इतिहास का एक लक्षण है जो शासन व्यवस्था को परिवर्तित करता है उसकी ही नोट इतिहास लेता है और भारत के सम्राट कभी गंधार के उस पार नहीं गए हमने किसी से शासन को नहीं छीना अपने इतिहास को संजोने की जिम्मेदारी देश की होती है जनता की होती है इस देश के इतिहासकारों की श्री शाह ने वीर सावरकर का स्मरण करते हये कहा कि अगर वे न होते तो अट्टारह सौ सत्तावन की क्रांति को हम सिर्फ एक विद्रोह के नाम से जानते वीर सावरकर ने ही इस क्रांति को पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुये कहा कि भारत के लोग अपने वास्तविक इतिहास को न जान सकें इसलिये इसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया श्री योगी ने जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर को समाप्त करने के फैसले को आजादी के बाद का सबसे साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय बताया बीएचयू में आयोजित इस संगोष्ठी में देश विदेश से गणमान्य अतिथि भाग ले रहे हैं राज्यों के बीच सुशासन की स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में पहली बार भारत नवाचार सुचकांक सूची जारी की इसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर हैं सत्रह राज्यों की इस सूची में उत्तर प्रदेश को सातवां स्थान दिया गया है सुची में शीर्ष में रहने वालें राज्यों में तेलंगाना हरियाणा केरल परिचम बंगाल ग्जरात और आंध्र प्रदेश का स्थान है भारत नवाचार सूचकांक सूची में झारखंड आखिरी स्थान पर है पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि नवाचार सूचकांक का उद्देश्य राज्यों को सुशासन की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले माह पंद्रह नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड़ढामुक्त करने का निर्देश दिया है लखनऊ में कल समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जतायी उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जिन जिलों में बिना काम किए ही रकम निकाली गई है वहां ऐसे लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई जाए मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों के पिछले दो सालों में हुए टेंडरों का ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने नगर विकास विमाग और सिंचाई विमाग के टेंडरों का भी ऑडिट कराने का निर्देश दिया समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री योगी ने एन एच ए आई अधिकारियों को गोरखपुर वाराणसी मऊ गोरखपुर और मऊ वाराणसी मार्ग की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से इसकी समीक्षा कर अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने तथा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के निर्देश भी दिए आगामी त्यौहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे दो जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएगा इनमें पहली ट्रेन सरहिन्द से सहरसा के बीच और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलेगी पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या शून्य चार पांच दो छ सरहिन्द सहरसा विशेष गाड़ी बाईस छब्बीस एवं तीस अक्टूबर को सरहिन्द से दोपहर बारह बजकर बीस मिनट पर प्रस्थान करेगी यह ट्रेन अम्बाला कैंट सहारनपुर बरेली गोण्डा बस्ती गोरखपुर रक्सौल दरमंगा समस्तीपुर होते हुए दूसरे दिन शाम सात बजकर तीस मिनट पर सहरसा पहुंचेगी वापसी यात्रा में शून्य चार पांच दो पांच सहरसा अम्बाला कैंट विशेष ट्रेन तेईस सत्ताईस एवं इक्कतीस अक्टूबर को सहरसा से रात्रि आठ बजकर तीस मिनट पर चलेगी प्रवक्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या शून्य चार शून्य नौ दो नई दिल्ली जयनगर विशेष ट्रेन तेईस छब्बीस उन्तीस अक्टूबर एवं एक नवम्बर को नई दिल्ली से सुबह नौ बजकर बीस मिनट पर प्रस्थान कर मुरादाबाद बरेली लखनऊ गोण्डा बस्ती गोरखपुर नरकटियागंज रक्सौल दरमंगा तथा मधुबनी से होते हुए दूसरे दिन ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट पर जयनगर पहुंचेगी वापसी यात्रा में शून्य चार शून्य नौ एक जयनगर नई दिल्ली विशेष गाड़ी चौबीस सत्ताईस तीस अक्टूबर एवं दो नवम्बर को जयनगर से शाम तीन बजकर तीस मिनट पर चलेगी प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है विभिन्न राजनैतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे

यह सीट आजम खान के रामपुर से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है और अब उनकी पत्नी तंजीम फातिया यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे जिनमें से एक रामपुर में पार्टी के प्रत्याशी भारत शूषण गुप्ता के पक्ष में होगी भाजपा नेता और अभिनेत्री जयाप्रदा लगातार दूसरे दिन इस सीट पर प्रचार करेगी और कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर में रैली करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी आज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में क्रमरा सहारनपुर और प्रतापगढ़ में जनसभाएं करेंगे